राज्य विधानसभा में आज कोरोना और राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो रही है आज सुबह चर्चा की शुरुआत करते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार कोरोना की रिकवरी रेट बढ़ाने मृत्युदर कम करने तथा हैल्थ इफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है डॉ शर्मा ने बताया कि राज्य में रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है वहीं राज्य में मृत्युदर एक दशमलव तीन आठ प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है

पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने चर्चा में भाग लेते हुए सरकार पर राहत सामग्री के वितरण में भेदभाव करने का आरोप लगाया जिससे सदन में हंगामा हो गया और सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने क्वारंटीन सेंटरों में बदइंतज़ामी का मुद्दा उठाया

विधानसभा के पांचवें सत्र का आज अंतिम दिन है और विधायी कार्य सम्पन्न होने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी

प्रदेश में बारा जिले से ये अभियान शुरु किया गया था आज अन्तर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर बारा में कार्यशाला आयोजित की गई कार्यशाला में जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग के लिए डेढ़ हजार स्वयंसेवी मुफ्त सेवा दे रहे हैं

इस मौके पर घरों में गणपति स्थापना की जाएगी इस बार कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने घर में ही गणपति स्थापना करने की हिदायत दी है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर आठ दशमलव छह आठ मेगावॉट क्षमता के सोलर सिस्टम लगाने का कार्य जारी है

श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा है कि भारतवासी स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं और उनकी प्रतिभा को पहचानने और बढ़ावा देने की जरूरत है उन्होंने ऐसी ही तीन अन्य प्रतिभाशाली कम्पनियों को भी बधाई दी ये कम्पनियां केरल हैदराबाद और चेन्नई की हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश को भारत की युवा प्रतिभा पर गर्व है और विश्वास है कि इससे भारत में नवाचार को और बढ़ावा मिलेगा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

व्यापारियों ने केन्द्र सरकार से मण्डियों में देय कृषि मण्डी सेस मण्डी के बाहर काम करने वालों के लिए भी जरूरी किये जाने की मांग की है

साथ ही विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में अच्छी वर्षा के संकेत दिये हैं मौसम विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार आज ड्ंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है इसके अलावा आज अजमेर बांसवाड़ा बारां बूंदी भीलवाड़ा ड्रंगरपुर झालावाड़ कोटा राजसमन्द सवाईमाधोपुर सिरोही और उदयपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग के निदेशक आरएस शर्मा ने बताया कि अगले तीन चार दिन प्रदेश में मौसम का मिज़ाज इसी तरह रहेगा

ब्यूरो की हनुमानगढ़ टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई

ये रिश्वत हेड कॉन्स्टेबल ने होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाने की एवज में मांगी थी वहीं एसीबी की एक अन्य टीम ने उदयपुर के कानोड़ हल्का के पटवारी जितेन्द्र पारीक को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है